नब्बे सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने अड़सठ सीटें जीतकर हासिल किया स्पष्ट बहुमत भाजपा पंद्रह सीटों पर सिमटी विधानसभा चुनाव के दौरान मृत और घायल कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि जारी बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक मिलिशिया कमांडर ढेर तीन वारंटी माओवादी गिरफ्तार सरकार गठन बैठक छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है पूर्ण बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की पहली बैठक अब से क्छ ही देर बाद राजधानी रायपूर में होने वाली है कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है जो विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है

हालांकि इस बार के चुनाव में बड़ी संख्या में जीत हासिल करने वाले पार्टी के दिग्गज नेताओं को नई सरकार में स्थान देना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी इस बीच मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने भाजपा को मिली हार के बाद कल राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर नये मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने तक उन्हें कार्यभार संभालने के लिए कहा है विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर इस बीच राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा है इनमें मुख्यमंत्री के सलाहकार और राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष सुनिल कुमार और प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह शामिल हैं

नब्बे सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने अड़सठ सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है वहीं भारतीय जनता पार्टी को मात्र पंद्रह सीटें मिली हैं जबकि बहुजन समाज पार्टी ने दो और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने पांच सीटें जीती हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की करूणा शुक्ला को चौदह हजार से अधिक वोटों से हराया विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल कसडोल सीट से चुनाव हार गए हैं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से लगभग उनतालीस हजार वोटों से जीते हैं वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने पाटन से सत्ताईस हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक बिल्हा सीट से छब्बीस हजार से अधिक मतों से निर्वाचित हए हैं इस चुनाव में राज्य सरकार के बारह मंत्रियों में से आठ मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है इनमें भिलाई नगर से प्रेमप्रकाश पांडेय बिलासपुर से अमर अग्रवाल रायपुर नगर पश्चिम से राजेश मूणत नारायणपुर से केदार कश्यप बीजापुर से महेश गागड़ा नवागढ़ से दयालदास बघेल प्रतापपुर से रामसेवक पैकरा और बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े शामिल हैं चुनाव जीतने वाले मंत्रियों में रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले और कुरूद से अजय चंद्राकर के नाम शामिल हैं इस बार सबसे अधिक वोटों के अंतर से कांग्रेस के मोहम्मद अकबर कवर्धा सीट से जीत हासिल की है उन्होंने करीब उनसठ हजार वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के अशोक साहू को हराया जबकि भाजपा की रंजना दीपेन्द्र साहू धमतरी विधानसभा सीट से सबसे कम चार सौ चौंसठ वोटों से जीती हैं

जबकि भाजपा को तीन और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को एक सीट मिली है इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित दस सीटों के लिए सात पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे वहीं भाजपा को दो और बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिली है महिला प्रत्याशियों की बात करें तो इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए बारह महिलाएं निर्वाचित हुई हैं इनमें कांग्रेस से नौ और भाजपा बसपा तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे एक एक महिला उम्मीदवार जीती हैं इस बार भाजपा और कांग्रेस को मिले मतों का अंतर करीब दस फीसदी रहा है कांग्रेस को तैंतालीस और भाजपा को तैंतीस फीसदी वोट प्राप्त हुए हैं वहीं बहुजन समाज पार्टी को तीन दशमलव नौ और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे को सात दशमलव छह प्रतिशत वोट मिले इसी तरह प्रदेश के करीब दो फीसदी मतदाताओं ने नोटा के विकल्प को चुना है संभागवार परिणाम विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा को सभी संभागों में करारी हार का सामना करना पड़ा है सरगुजा संभाग की सभी चौदह सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई हैं वहीं बस्तर संभाग की बारह सीटों में से ग्यारह सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है

इसी तरह रायपुर संभाग की बीस सीटों में से कांग्रेस को चौदह भाजपा को पांच और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को एक सीट मिली है बिलासपुर संभाग की कुल चौबीस सीटों में से बारह सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए हैं जबकि भाजपा के सात और बहजन समाज पार्टी के दो तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के तीन उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं इसके अलावा दुर्ग संभाग की बीस सीटों में से कांग्रेस ने सत्रह सीटों पर परचम लहराया है वहीं भाजंपा दो और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे केवल एक सीट हासिल कर पाई हैं चुनाव नतीजे मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई है जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में फिर सत्ता हासिल कर ली है मध्यप्रदेश में दो सो तीस सीटों में से भाजपा को एक सौ नौ सीटें जबकि कांग्रेस को एक सौ चौदह सीटें मिली हैं बहुजन समाज पार्टी ने दो समाजवादी पार्टी ने एक और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चार सीटें जीतीं दो सौ सदस्यों की राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस निन्यानवे सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है जबकि भाजपा को तिहत्तर सीटें मिली हैं तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है एक सौ उन्नीस सदस्यों की राज्य विधानसभा में पार्टी को अठासी सीटें मिली हैं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने छब्बीस सीटें जीती हैं और उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है विस चुनाव अनुग्रह राशि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान मृत और घायल कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि जारी की है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि प्रदेश में दो चरणों में हुए मतदान के दौरान नक्सली घटना में शहीद जवान के आश्रितों को आयोग की तरफ से बीस लाख रूपए और घायलों को दस दस लाख रूपए की अनुग्रह राशि जल्द प्रदान किए जाने के आदेश संबंधित कलेक्टरों को दिए गए हैं इसी प्रकार निर्वाचन कार्य में लगे एक प्रधान आरक्षक की हृदयघात से मौत होने पर उनके आश्रित परिवार को दस लाख और सड़क द्र्घटना में घायल एक उप अभियंता को दस लाख रूपए की अनुग्रह राशि जल्द दी जाएगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यह अनुग्रह राशि शासन द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता से अलग होगी इसके अलावा अनुग्रह राशि के कुछ और भी मामले लंबित हैं जिनका निराकरण प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है

वे उर्जित पटेल के स्थान पर आए हैं श्री पटेल ने सोमवार को त्याग पत्र दे दिया था भारतीय प्रशासनिक सेवा को तमिलनाडु काडर के अधिकारी रहे श्री दास केन्द्र में आर्थिक मामलों के सचिव थे श्री दास रिजर्व बैंक के पच्चीसवें गवर्नर हैं

मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की एक सौ अड़सठवीं बटालियन और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तररेम के पास घात लगाए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी

बाद में घटनास्थल ँ की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादी के शव के अलावा पैंतीस नग आईईडी हथियार और बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है

वे अस्सी वर्ष के थे वे गुल गुल भजिया खा ले मन के मन मोहिनी चना के दार राजा और चक्कर के घोड़ा जैसे लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी गीतों के रचनाकार थे मुंगेली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है राज्य शासन ने पैंसठ अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं उनके मूल विभाग और कार्यालय को सौंपी हैं

बीजापुर जिले में वन विभाग की टीम ने इंद्रावती नदी से बीस गट्टा सागौन की लकड़ी बरामद की है मुंगेली जिले में रेत का अवैध परिवहन कर रहे चार ट्रकों को जब्त किया गया है